चम्बा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला पारम्परिक हर्षोल्लास के साथ आरम्भ सांसद अनुराग ठाकुर ने न्यू इंडिया का द्वार खोलने में युवाओं की भूमिका को अहम बताया प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा का दौर थमने से लोगों को मिली राहत मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सुराज और विकास के लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए और इसी से नए भारत की आधारशिला रखी जाएगी

देश में हो रही असमान वर्षा की स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति के संरक्षण और संवर्द्वन के लिए सामूहिक प्रयास का आह्वान किया

कॉलेजों में प्रवेश ले रहे नए छात्रों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें शांत रहकर जीवन और अंतर्मन का भरपूर आनन्द लेने की सलाह दी उन्होंने कहा कि किताबों का कोई विकल्प नहीं है लेकिन छात्रों को नए कौशल भाषाएं और संस्कृति जैसे विषयों को जानने पर भी ध्यान देना चाहिए विमोचन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने समृद्ध संस्कृति के संरक्षण के लिए सभी से मिलकर कार्य करने का आह्वान किया है वे आज शिमला में पहाड़ी गीतों की एक सीडी के विमोचन अवसर पर बोल रहे थे जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों विशेषकर युवा पीढ़ी को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व होना चाहिए पौधरोपण युवा भारत संस्था ने शिमला में संकट मोचन तारादेवी के समीप आज पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया कार्यक्रम में वन मंत्री गोविंद ठाकुर और सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की इस अवसर पर गोविंद ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाए गए पौधरोपण के विशेष अभियान में विभिन्न संस्थाएं अपना अहम योगदान दे रही हैं

मिंजर मेला चम्बा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आज पारम्परिक हर्षोल्लास के साथ आरम्भ हो गया मेले के शुभारम्भ पर चम्बा शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने ध्वजारोहण कर मिंजर मेले का विधिवत शुभारम्भ किया उन्होंने कहा कि ये मेला आपसी भाईचारे का प्रतीक है और इस दौरान चम्बा की प्राचीन संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है उन्होंने मेला मैदान में विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया और खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी शुभारम्भ किया

इस दौरान होने वाली सांस्कृतिक संध्याओं में कई प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे पूर्व वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्दर सिंह ने चम्बावासियों को मिंजर मेले की शुभकामनाएं दी हैं मंगल पांडे प्रदेश भाजपा प्रभारी मंगल पांडे ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में मिले भारी जन समर्थन की तर्ज़ पर लोकसभा चुनाव में भी हिमाचल में पार्टी को पूरा समर्थन मिलेगा शिमला में आज पार्टी के विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों और महासचिवों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी श्री नरेन्द्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में जिताएगी मंगल पांडे ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस आपसी द्वेष में फंसी है जिसका भाजपा को पूरा लाभ मिलेगा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी इस दौरान मौजूद रहे बैठक भाजपा विधिक व विधि विषय विभाग प्रकोष्ठ की एक बैठक आज सोलन में हुई पार्टी नेता राजेश कश्यप ने इसमें बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया बैठक में मौजूद अधिवक्ताओं ने कहा कि वे कानून के दायरे में रहकर पार्टी को सशक्त बनाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे प्रकोष्ठ के सोलन मण्डल अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने अधिवक्ताओं की नियुक्तियों के लिए राज्य सरकार का आभार जताया अनुराग ठाकुर लोकसभा में मुख्य सचेतक व सांसद अनुराग ठाकुर ने न्यू इंडिया का द्वार खोलने में युवा शक्ति की भूमिका को अहम बताया है सोलन ज़िले के कसौली में आज युवा विचारकों के थिंकर्स सम्मेलन में उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में एक अच्छा माहौल तैयार हो रहा है और समाज का हर वर्ग न्यू इंडिया के निर्माण में सहयोग दे रहा है अनुराग ठाकुर ने कहा कि समाज कल्याण के लिए अनेक गैर सरकारी संगठन भी बेहतरीन कार्य कर रहे हैं उन्होंने कहा कि देश सहित विश्व भर को आज असाधारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिनसे निपटने में युवा अपना योगदान दे सकते हैं पुनश्चर्या सोलन ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित मध्यस्थों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम आज सोलन में संपन्न हुआ इसमें सोलन किन्नौर शिमला और सिरमौर जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया समापन अवसर पर सोलन के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मोहित बंसल ने कहा कि विभिन्न लंबित मामलों को सुलझाने में मध्यस्थ विशेष भूमिका निभा सकते हैं उन्होंने उम्मीद जताई कि ये कार्यक्रम मध्यस्थों के कौशल उन्नयन और समस्याएं सुलझाने में सहायक सिद्व होगा दुर्घटना कुल्लू जिले के बागीपुल जाओ मार्ग पर आज एक वाहन पर बड़ी चट्टान गिरने से उसमें सवार सोलन निवासी डॉक्टर रोहित की मौत हो गई ये जाओ स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत थे उधर कांगड़ा जिला के ज्वाली पुलिस थाना के तहत कल शाम एक कार के खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जबकि दो अन्य घायल हुए हैं घायलों को टांडा मैडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया है

इसके चलते व्योलिया शोघी मार्ग बाधित रहा भूस्खलन की घटना से एक भवन के गिरने का खतरा बना हुआ है

कोटरोपी इस बीच मण्डी पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर कोटरोपी में यातायात सुचारू रखने के लिए प्रशासन ने ज़रूरी प्रबंध किए हैं मण्डी के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा है कि क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और यातायात सुचारू रखने के लिए वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था रखी जाएगी उन्होंने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मण्डी के विशेषज्ञों की सलाह पर कोटरोपी में दो सैंसर स्थापित किए गए हैं जो भूस्खलन की पूर्व सूचना उपलब्ध करवाने में सक्षम हैं मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज वर्षा का दौर थमा रहा जिससे लोगों ने कुछ राहत महसूस की है धूप खिलने से प्रशासन ने भूस्खलन से अवरूद्व मार्गो को बहाल करने का कार्य शुरू कर दिया है हाल ही में हई व्यापक वर्षा से विभिन्न जिलों में नदी नाले उफान पर हैं और प्रशासन ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है राजधानी शिमला व इसके आसपास के क्षेत्रों में भी आज अधिकतर समय धूप खिली रही

सेवा दल कांग्रेस सेवा दल ने प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में आज राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कार्यक्रम आयोजित किए

किन्नौर जिले के सांगला में ध्वज वंदन समारोह में सेवादल के मुख्य संगठक अनुराग शर्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को सेवादल से जोड़ कर कांग्रेस पार्टी को और अधिक मज़बूत किया जाएगा फुटबॉल ऊना ज़िले में हरोली क्षेत्र के खड्ड में आयोजित ऑल इंडिया फुटबॉल इन्विटेशन टूर्नामेंट का खिताब मुम्बई की टीम ने जीत लिया है आज खेले गए फाइनल मुकाबले में विजेता टीम ने मेज़बान हिमाचल को एक शून्य से पराजित किया विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया कटवाल बिलासपुर जिले में झण्ड्रता के विधायक जीत राम कटवाल ने कहा है कि इलाके में सड़क शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता रहेगी

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रकृति के संरक्षण और संवर्द्वन के लिए सामूहिक प्रयासों का किया आह्वान चम्बा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला पारम्परिक हर्षोल्लास के साथ आरम्भ सांसद अनुराग ठाकुर ने न्यू इंडिया का द्वार खोलने में युवाओं की भूमिका को अहम बताया